मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज जयपूर में हो रही है कर परामर्श दात्री समिति की बैठक हनुमानगढ़ जिले में दो सड़क हादसों में सात लोगों की मौत

इस बैठक में आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने और रोजगार सुजन के लिए नीति का खाका तैयार करने पर चर्चा होने की संभावना है बैठक का आयोजन नीति आयोग ने किया है बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और उद्योगपतियों के भाग लेने की उम्मीद है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण के अगले महीने की पांच तारीख को आम बजट पेश किए जाने से पहले हो रही इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है

बैठक में बजट पर सुझाव के लिये विभिन्न व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों और कर सलाहकार प्रतिनिधियों से चर्चा की जा रही है श्री गहलोत आज प्रदेशभर के युवाओं महिला प्रोफेशनल्स और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से भी बजट के बारे में सुझाव लेंगे

इस बारे में कल अजमेर में जिला स्तरीय खनन समीक्षा समिति की बैठक में चिकित्सा मंत्री रघ शर्मा ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये

वहीं खनन प्रभावित क्षेत्रों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे उन्होंने कहा कि खनन से सबसे ज्यादा पीड़ित सिलीकोसिस बीमारी के लोग है उन्हें तुरन्त राहत दी जानी चाहिए

दोनों नेताओं ने राजस्थान में विद्यतं क्षेत्र के विभिन्न पहलूओं पर चर्चा की इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री आर के सिंह ने राज्य में विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास कार्यो के लिये केन्द्र से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया

उन्होंने कहा कि इसके लिये नये परिवहन मार्ग खोले जाएंगे तथा कई पुराने निर्धारित परिवहन मार्गों की लम्बाई बढाई जाएगी

बैठक में विधानसभा सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने विधानसभा में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये

इसमें राजस्थान में आईटी क्षेत्र में नवाचारों पर अहम जानकारियां दी गई

प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से विचार साझा कर सकते हैं

हमारे संवाददाता ने बताया कि शेरपुरा गांव के पास हुई दुर्घटना में पांच लोग मारे गए

एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया यह गड्ढा टांका बनाने के लिए खोदा गया था बूंदी के देईखेड़ा में आज मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति पर पेड गिरने से उसकी मृत्यु हो गई

यह विश्वभर में सिनेमा को सहेजने और आने वाली पीढियों तक पहुंचाने की दिशा में अब तक की सबसे बड़ी कोशिश है इस लाइब्रेरी की योजना जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ मैनेजमेंट की ओर से बनाई गई है

वहीं किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान आई है

ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे से होगा भारतीय टीम अपने चार में से तीन मुकाबले जीतकर अंक तालिका में चौथे नम्बर पर बनी हुई है जबकि अफगानिस्तान की टीम ने अब तक अपने सभी पांचो मुकाबले हारे है

इसके साथ ही पंकज हर प्रारूप में एशियाई और विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले एक मात्र खिलाड़ी बन गए हैं